प्रदेश में नवरात्रि के तहत दूर्गाष्टमी आज विभिन्न देवी मंदिरों में की श्रद्धालुओं की उमड रही है भीड़

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शास्त्री नगर विद्याधर नगर बेनाड न्यू सांगानेर रोड और सिंधी कैंप प्रभावित इलाके हैं शहर के अन्य इलाकों में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है

यह दल घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिये जागरूक कर रहा है

शिव विधायक श्री सिंह आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनके कांग्रेस में आने से पार्टी और मजबूत होगी

इस दौरान श्री कमार ने मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाओं पेयजल बिजली कनेक्शन रैम्प का निर्माण और शेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा श्री कुमार ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो की पहचान कानून व्यवस्था वेबकास्टिंग की व्यवस्था सी विजल एप के प्रशिक्षण की स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बातचीत की

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार आपराधिक मामलों चाहे वह लम्बित हो या पूर्व में दोष सिद्व हो गये हो मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के साथ टीवी चैनल्स और संबंधित राज्य में व्यापक प्रचार वाले समाचार पत्रों विवरण देते हुए घोषणा प्रकाशित अथवा प्रसारित करें

विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में दो दिन के कृषि स्टार्टअप और उद्यमिता सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने यह बात कही

यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों रेलवे कर्मचारियों और रक्षा बलों में कार्यरत लोगों की भविष्य निधि पर मिलेगी

डूं गरपुर जिले मैं आशापुरा धाम विजवामाता धाम और शीतला माता धाम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है मेले में देर रात तक गुजराती गरबा और डांडिया का प्रदर्शन किया जायेगा करौली जिले में कैला देवी में श्रृद्वालुओं की भीड उमड रही है प्रशासन द्वारा श्रद्वालुओं की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये है प्रतापगढ़ जिले में मोहल्लो और घरों में माता की प्रतिमा स्थापित की गई है और गरबा नृत्य के आयोजन किये गये है